कल आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट वार्ता में श्री गोयल ने कहा कि मौजूदा सरकार मध्यमवर्ग का सम्मान करती है और केंद्रीय बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि उनके परिवार का बजट नियंत्रण में रहे श्री गोयल ने कहा कि नोटबंदी और कालेधन के खिलाफ मुहिम से सरकार का राजस्व संग्रह बढ़ा है काले धन के खिलाफ अभियान और नोटबंदी के कारण हमारा कर संकलन में वृद्वि हुई है और कर दायरे का भी विस्तार हुआ है हमारा मानना है कि इस फायदे का कुछ हिस्सा मध्यम वर्ग को मिलना चाहिए क्योंकि देश के यह नागरिक आगे बढ़कर औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हुए हैं परीक्षा अंक मद्रास उच्च न्यायालय ने आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों की प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्क्स दिये जाने की प्रणाली को तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिये हैं न्यायालय ने छह वर्ष पहले आईआईटी प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्क्स के कारण असफल रहे एक छात्र की याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि प्रतिस्पर्द्वी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग देना कानूनी रूप से उचित नहीं है इस फैसले से निगेटिव मार्किंग के कारण प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में दाखिला नहीं पाने वाले आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी चुनाव आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने फिर से मतपत्र के जरिए मतदान कराने की सम्भावना से इनकार किया है

पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान विशेष सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक तैनात करने के राजनीतिक दलों के अनुरोध पर श्री अरोड़ा ने कहा कि आयोग ने सभी सुझाव और प्रतिक्रियाओं को नोट कर लिया है और इन पर विचार किया जाएगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फर्जी ऋण के मामले में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है उन्होंने टिवट किया कि जिन किसानों की कर्जमाफी पर भाजपा को बोलने का हक नहीं है उस पर उनकी बयानबाजी जारी है लेकिन फर्जी ऋण घोटाला जो हजारों करोड़ का है वो उनकी साठगांठ से हुआ है जिसके फर्जीवाड़े के मामले प्रदेश के विभिन्न जिलों से रोज सामने आ रहे हैं उस पर पूरी भाजपा ने मौन धारण कर रखा है गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में फर्जी ऋण के कई मामले सामने आये हैं उसके बाद से इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है

स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के पालकों को मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव शोभित जैन ने बताया है कि शासकीय स्कूलों में पालक शिक्षक मीटिंग आयोजित करने का मकसद पालकों को उनके बच्चों की शैक्षणिक प्रगति के बारे में जानकारी देने के साथ ही उनके सुझाव लिये जायेंगे

वहीं उमरिया में भी आज आयोजित पालक शिक्षक मीटिंग का आयोजन किया गया है महिला हॉकी महिला हॉकी में आज स्पेन के मुर्सिया में भारत का मुकाबला आयरलेंड से होगा

इससे पहले गुरूवार को भारत और स्पेन के बीच चौथा और अंतिम मुकाबला दो दो से ड्रा रहा था इसके साथ ही चार मैचों की श्रंखला में दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर थी दोनों देशों के बीच दूसरा मैच कल रविवार को दोपहर में खेला जायेगा मौसम प्रदेश में कड़ाके की सर्दी में बदलाव का दौर जारी है दिन में तेज धूप खिलने और बादल छाये रहने से तापमान में मामूली बढ़ौतरी दर्ज की गई वहीं रात में अभी भी सर्दी का असर बरकरार है मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों में मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं होने का अनुमान जताया है हालांकि राजस्थान में बन रहे चकवात की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है जिससे एक बार फिर ठंड वापस आने का अनुमान जताया गया है